उत्तराखंड मेट्रो उतराखण्ड मैट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रीहेंसिव मॉबिलिटी प्लान सीएमपी को मंजूरी दे दी गई है आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हई यूनिफाईड मैट्रो पॉलिटन ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी यूएमटीए की बैठक में यह मंजूरी दी गई बैठक में बताया गया कि देहरादून शहर में दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से रोप वे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है बैठक में उतराखण्ड मैट्रो रेल के एमडी जितेन्द्र त्यागी ने देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो लाइट सिस्टम पर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने हरिदवार से ऋषिकेश देहरादून से नेपाली फार्म तक मेट्रो लाइट के लिए रूट प्लान स्टडी के बारे में बताया

इने मशीन हरिदवार स्वास्थ्य विभाग दवारा मेला अस्पताल में इनेट मशीन स्थापित की गई है जिससे कोरोना संक्रमितों का पता लगाकर उनका इलाज किया जा सकेगा अब केवल उन्हीं लोगों का सैंपल आगे जांच लिए भेजा जाएगा जिनमें प्राथमिक जांच में लक्षण मिलेंगे मेला अस्पताल के अधीक्षक राजेश ग्र्प्ता ने बताया कि अस्पताल में जो भी मरीज आपात स्थिति में आता है उसका ब्लड सैम्पल लेकर जांच की जाती है

इसके जरिए कोरोना संक्रमण का पता भी चल जाता है

भारतीय कृषि चिकित्सा परिषद आई सी ए आर ने इसकी अन्मति दे दी है नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बसंल ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हए आईवीआरआई में कोरोना के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने पर विचार किया गया आईसीएआर की ओर से प्रयोगशाला के गठन के लिये सहमति दे दी गयी है

पंचायती राज सम्मेलन प्रदेश के पंचायती राज य्वा कल्याण और शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने आज वर्च्अल क्लास के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय ई पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया उन्होंने ऑनलाइन पंचायती राज विभाग और ग्राम पंचायतों में संचालित अन्य विभागों की समस्याओं को स्ना

कई प्रवासी लोग मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी जुटा रहे हैं चम्पावत जिला उदयोग केंद्र के महाप्रबंधक मीरा बोहरा ने बताया कि प्रवासियों के कौशल के आधार पर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है

जिला उद्योग केंद्र में स्वरोजगार के लिए जानकारी जुटाने आए प्रवासी कमल किशोर ने बताया कि अब वो खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे

इस अभियान में प्रदेश में दस लाख परिवारों से सम्पर्क किया जाएगा

उन्होंने नैनीताल ज़िले के पश्चिम मंडल में पनियाली और नंदपुर गांव के बूथों पर परिवारों से सम्पर्क करते हए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र और संकल्प पत्र सौंपा

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व योग और आयुर्वेद को अपना रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का होना जरूरी है योग और आय्र्वेद इसमें सहायक साबित हुआ है उन्होंने बताया कि देश में तैयार की गई आय्र्वेदिक औषधियों और काढ़े की मांग इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पूरे विश्व में बढ़ गई है उन्होंने बताया कि प्रदेश के आय्ष विभाग ने भी एक आय्वेदिक काढ़ा बनाया है जिसका नियमित उपयोग लाभकारी हो सकता है इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान दवारा प्रकाशित तीन प्स्तकों का विमोचन भी किया रेखा आर्य प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के योगदान को देखते हए उनकी पदोन्नति की सूची का प्रस्ताव इस महीने दिये जाने के निर्देश दिये हैं देहरादून में ह्ई महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिये

बैठक में सभी जिलों से तीलू रौतेली प्रस्कार के चयन के लिए भी सूची बनाने के निर्देश दिये गए

वन विभाग के प्रम्ख वन संरक्षक जयराज सिंह ने बताया कि इस बार अच्छी बारिश होने से मौसम में ठंडक रही इस वजह से वनों में आगजनी की घटनाओं में कमी देखने को मिली

चमोली जिले के अन्य स्थानों के लोगों के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों बाहरी देशों और राज्यों के लोग बदरीनाथ धाम के फिलहाल दर्शन नहीं कर सकेंगे उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड दवारा जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने यह आदेश जारी किये हैं

श्रद्धाल्ओं को श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए टोकन प्राप्त करना होगा टोकन देवस्थानम बोर्ड द्वारा निश्ल्क उपलब्ध कराया जायेगा

बदरीनाथ धाम में ऐसे होटलों द्वकानों और धर्मशालाओं को खोलने की अन्मित नहीं होगी जिनके मालिक वर्तमान में अन्य राज्यों और उत्तराखंड के अन्य जिलों में रह रहे हैं